इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बडे सुधारों का लक्ष्य है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सकिय और समावेशी ज्ञान का केन्द्र बनाना है इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है कर्मचारी चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सर्जित करने से संबंधित है इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी

एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है

ठीक हुए लोगों की संख्या सकिय मामलों से लगभग तीन दशमलव सात गुना अधिक है मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या चार गुनी हो गई है टेस्ट ट्रेक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढी है और मृत्यु दर कम हुई है इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव सात दो प्रतिशत है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना संकमण के बढते मामलो को देखते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों सहित अन्य जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढाने के साथ ही हाई फ्लो ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांन्फ्रेंन्सिंग के जरिये प्रदेश में कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा की इस दौरान श्री गहलोत ने जिला स्तर के अस्पताल और कोविड मरीजों का इलाज कर रहे अन्य चिकित्सालयों के डॉक्टरों को ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल के बारे में प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर आने वाले मरीज को आते ही उसे व्हीलचेयर ऑक्सीजन सिलेण्डर के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए

भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश में जिला और उपखण्ड स्तर पर अब सिर्फ ज्ञापन ही देंगे मौसम विभाग ने आज प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है

उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के कारण जलाशयों में पानी की आवक हो रही है